वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए

ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है अगर इतना सा हम सोच लें तो हमारा जो भार है बोझ है वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें बाइट मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि कही ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है

वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अध्ररी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे उन्हें उनकी प्रतिभा और रूचि के अनुसार फैसला लेने में मदद करें एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा का तनाव न पालें असम से एक विद्यार्थी की मां द्वारा बच्चों में मोबाइल फोन पर लगे रहने की आदत के बारे में पूछे जाने पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम के रूप म किया जाना चाहिए बाइट आप उसको धीरे धीरे टेक्नॉलोजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइये और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा गलत रास्ते पर जाने की बजाए समय बर्बाद करने के बजाए खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाए और मैं समझता हूं जो राह प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें बच्चों में निराशा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक है उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोग तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलूओं पर ख्रलकर बातचीत करते हैं उन्होंने कहा कि तनाव से बचने के लिए परामर्श लेना बुरी बात नहीं है बल्कि इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल कुवैत सऊदी अरब जैसे देशों से भी विद्यार्थी भाग ले रहे थे

बरेली की छात्रा शीतल ने कहा बाइट हमने आज सीखा की हमे कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए कैसे कब कामों को करना चाहिए और कैसे परीक्षा के समय पर हमें अपनी मेहनत को कायम रखना चाहिए हमें डरना नहीं चाहिए परीक्षा के समय समय पर बिल्कुल यह सुनकर अच्छा लगा अच्छा लगा कि पैरंट्स को भी हमारे पढ़ाई के बारे में प्रछते रहना चाहिए उनको जानना चाहिए कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं कैसे नहीं मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज कुंभ में हुई ऐतिहासिक बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिये छत्तीस हजार करोड़ रुपये लागत के चार लेन वाले गंगा एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दे दी है

बाइट हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे

यह गंगा एक्सप्रेस वे यह मेरठ अमरोहा बुलंदशहर बदायू शाहजहाँपुर फर्रुखाबाद हरदोई कन्नौज उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ होते हए प्रयागराज तक आएगी

इसके अलावा बैठक के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये बैठक में फिल्म उरी को स्टेट जीएसटी से मुक्त करने का भी निर्णय लिया गया श्री योगी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित फिल्म उरी राष्ट्र प्रेम तथा भक्ति पर आधारित है देश के आम नागरिकों और नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो इसके लिये इसे जीएसटी मुक्त किया गया है बैठक में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कार्यो हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगा दी

सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है आज लखनऊ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों की समीक्षा बैठक के बाद श्री खरे ने कहा कि सरकार के कार्यो को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाने के लिये सभी इकाईयों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है श्री खरे ने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना की बाइट जो भी उत्तर प्रदेश की यहां का आकाशवाणी केंद्र दूरदर्शन दोनों ही बहुत पुराने और बहुत ही उम्दा केंद्रों में से गिने जाते हैं यहां पर अच्छा कार्य हो रहा है और हम लोगों का प्रयास यही है कि पूरे राज्य में वैसे भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है तो हम लोगों का यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आउटरीच रहे कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे जिनके लिए योजनाएं बन रही हैं या कार्य किए जा रहे हैं उन तक यह संवाद पहुंचे और यदि उनका कोई कुछ फीडबैक है तो वह भी वापस सरकार तक पहुंचे समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडोस का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया

श्री जार्ज फर्नांडोस का जन्म कर्नाटक में मगलूरु में हुआ था

नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे श्री फर्नान्डीज ने केन्द्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया

प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री फर्नाडीस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं